उन्होंने किसानों से भारतीय नस्ल की गायों का पालन करने का आहवान किया ताकि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को व्यावहारिक बनाया जा सके राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक कृषि ने जमीन को बंजर बना दिया है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से तैयार खाद से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है उन्होंने गौशाला के रख रखाव के लिए एक लाख रुपए देने की घोषणा भी की

ये कार्यशालाएं चंबा भरमौर और पांगी ब्लॉक में आयोजित की जाएगी जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव कुनाल सत्यार्थी और अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे

सम्मेलन का श्रभारम्भ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे जबकि केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अलफोंस इसमें विशेष रूप से मौजूद रहेंगे मनाली में कल इस संबंध में तैयारियों को लेकर एक बैठक में वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने बताया कि प्रदेश में पहली बार आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन के लिए देश विदेश के ईको ट्ररिज्म विशेषज्ञ और पर्यावरणविदों को बुलाया गया है उन्होंने कहा कि मनाली क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और स्थानीय लोगों को भी इसमें भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार प्रदेश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए कार्य कर रही है कल नाचन विधानसभा क्षेत्र के जुगनाहन में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक समान विकास किया जा रहा है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है सांसद रामस्वरूप शर्मा और विधायक विनोद कुमार ने भी जनसभा को संबोधित किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है मंडी के बल्ह में बनेगा सूबे का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिव्य हिमाचल की सुर्खी है बल्ह में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेरचौक से नागचला तक बिछेंगी पांच किलोमीटर लम्बी हवाई पट्टी दैनिक भास्कर के शब्द हैं प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के नेरचौक में बनेगा सैटलाइट सर्वे में पास आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है बल्ह घाटी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेरचौक से नागचला तक का एरिया इसके लिए उपयुक्त अजीत समाचार के मुताबिक मंडी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है हर पीएचसी में होगा डेंटल डॉक्टर वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हर पीएचसी में डेंटल डॉक्टर तैनात करेगी सरकार

अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में गड़बड़झाला हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में मिली अनियमितताएं एचआरटीसी चालकों के विशेष वेतन में बढ़ोतरी सीएम जयराम ने किया ऐलान अब मिलेंगे एक हजार रुपये खबर को हिमाचल दस्तक ने बॉक्स में प्रकाशित किया है आपका फैसला व अजीत समाचार की एक जैसी सुर्खी है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बाली व सुधीर के समर्थकों में झड़प दोनों गुटों के समर्थक छात्रों ने की नारेबाजी दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है प्रदेश में प्री मॉनसून की दस्तक बारिश से मौसम हुआ कूल कूल अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय शिमला के शहरी सम्बोधन में लिखा है कि पर्वतीय शहरों पर घटती जमीन को देखते हुए दो तीन शहरों के क्लस्टर बनाकर योजनाएं इस तरह बने कि कचरा प्रबंधन आवासीय तथा परिवहन सहूलियतें एक साथ काम आए दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय देश सेवा का जज्बा में लिखता है हिमाचल के वीर युवाओं ने देश की रक्षा के लिये प्राणों का बलिदान दिया है युवाओं में सेना में जाकर देश सेवा का जुनून है पर जनसंख्या का कोटा बड़ी बाधा है